लोकसभा ने कल रात लम्बे विचार विमर्श और मत विभाजन के बाद नागरिकता संशोधन विधेयक दो हजार उन्नीस पारित कर दिया तीन सौ ग्यारह सदस्यों ने विधेयक के पक्ष में और अस्सी ने विपक्ष में मतदान किया यह विधेयक पाकिस्तान बंगलादेश और अफगानिस्तान जैसे देशों से उत्पीड़न के कारण वर्ष दो हजार चौदह के अंत तक भारत आ गए हिंदू सिख जैन पारसी बौद्ध और इसाई समुदाय के लोगों के लिए नागरिकता का प्रावधान करता है

ये समृदाय हैं हिंद्र सिख बौद्ध जैन पारसी और ईसाई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

सदन में बहस का जवाब देते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि विधेयक अनुच्छेद चौदह सहित संविधान के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता अनुच्छेद चौदह कानून के समक्ष हर व्यक्ति को समान दर्जा देता है श्री शाह ने जोर देकर कहा कि राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर किसी भी कीमत पर लागू किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकता संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है बीती रात अपने एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि लोकसभा ने नागरिकता संशोधन विधेयक दो हजार उन्नीस को गंभीर और विस्तृत चर्चा के बाद पारित कर दिया प्रधानमंत्री ने कहा है कि प्रस्तावित कानून भारत की सदियों पुरानी समावेशी प्रकृति और मानवीय मूल्यों में विश्वास पर आधारित है केन्द्र सरकार ने प्याज की जमाखोरी रोकने के प्रयासों के तहत खुदरा व्यापारियों के लिए इसकी भंडारण सीमा पांच टन से घटाकर दो टन कर दी है यह निर्णय खुले बाजार में प्याज की उपलब्धता बढ़ाने के लिए लिया गया है उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि राज्यों को जमाखोरी रोकने के लिए तुरंत कार्रवाई करने को कहा गया है थोक व्यापारियों के लिए भंडारण सीमा में कोई बदलाव नहीं होगा प्रदेश के पांच न्यायाधीशों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है इस्तीफा देने वालों में पटनासिटी में तैनात न्यायिक दंडाधिकारी खैरुननिसा मसौढ़ी के न्यायिक दंडाधिकारी प्रतीक त्रिपाठी और सिद्धार्थ शेखर सिंह गया के न्यायिक दंडाधिकारी जीशान मेंहदी तथा सुपौल के न्यायिक दंडाधिकारी पंकज कुमार पांडेय शामिल हैं ये सभी अलग अलग कोर्ट में द्वितीय श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी के पद पर कार्यरत थे इनके त्याग पत्र को पटना उच्च न्यायालय के स्तर से मंजूरी मिलने के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने इन्हें सेवा से विमुक्त करने का आदेश जारी कर दिया है राज्य सरकार ने इस वर्ष सितम्बर और अक्टूबर में राजधानी पटना में जलजमाव और बारह जिलों में बाढ़ से नुकसान की भरपाई के लिए केन्द्र सरकार से एक हजार छह सौ करोड़ रूपये की मांग की है आपदा प्रबंधन विभाग ने केन्द्र को इस संबंध में एक ज्ञापन सौंपा है यह राशि पहले चरण में मांगी गयी दो हजार सात सौ करोड़ रूपये के अतिरिक्त होगी प्रदेश में अगले दो से तीन दिनों के भीतर मौसम में बदलाव आने की संभावना है मौसम विभाग ने कहा है कि तेरह दिसम्बर से प्रदेश के उत्तर पश्चिम और उत्तर मध्य क्षेत्रों में हल्की बारिश हो सकती है विभाग ने कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी और एक दो स्थानों पर हल्की बारिश की चेतावनी जारी की है नेपाल से लगे तराई वाले क्षेत्रों पूर्वी और पश्चिम चंपारण मधुबनी सीतामढ़ी गोपालगंज समस्तीपुर दरभंगा मुजफ्फरपुर सहित कई जिलों में बारिश की संभावना है पटना उच्च न्यायालय ने प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त पैथलॉजिकल सेंटरों की सूची सात दिनों में हिन्दी और अंग्रेजी अखबारों में प्रकाशित करने का आदेश दिया है मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया पटना के व्यवहार न्यायालय परिसर में चौदह दिसम्बर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा राष्ट्रीय लोक अदालत में अपनी समस्याओं को रखने के लिए इच्छुक व्यक्ति संबंधित विभाग और जिला न्यायालय स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकार पटना के कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं प्रदेश में नौंवी कक्षा की वार्षिक परीक्षा आगामी चार मार्च से जबकि ग्यारहवीं कक्षा की परीक्षा आठ मई से शुरू होगी राजकीयकृत और परियोजना उच्च विद्यालयों के लिए राज्य सरकार के माध्यमिक शिक्षा कार्यालय की ओर से वर्ष दो हजार बीस के कैलेंडर जारी किया गया है पटना में सम्पन्न आठवीं बिहार राज्य सीनियर महिला हैंडबॉल प्रतियोगिता में सीवान की टीम ने चैम्पियन बनने का गौरव प्राप्त किया है फाइनल मुकाबले में सीवान ने बेगूसराय को छब्बीस अठारह से पराजित किया बांका में आयोजित सत्तरवीं बिहार राज्य मोइनुलहक चैम्पियनशिप के पहले चक्र के मुकाबले में अरवल सारण और लखीसराय ने जीत दर्ज कर दूसरे चक्र मे प्रवेश कर लिया है पटना में खेले जा रहे रणजी ट्राफी क्रिकेट मुकाबले के पहले दिन मेजबान बिहार की पारी एक सौ तिहत्तर रन पर सिमट गयी जवाब में पुडुचेरी ने पहले दिन का खेल समाप्ति तक बिना किसी विकेट के नुकसान पर बासठ रन बना लिये हैं निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने आय से अधिक संपत्ति मामले में समस्तीपुर के परिवहन प्रवर्तन निरीक्षक श्याम नंदन प्रसाद और मुजफ्फरपुर के जिला अवर निबंधक संजय कुमार गवालिया के सभी बैंक एकाउंट और लॉकर को सीज करने के लिए संबंधित बैंकों को नोटिस जारी कर दिया है दिल्ली अग्निकांड में मरने वाले बिहार के मजदूरों की संख्या बढ़कर अड़तीस हो गयी है इस अग्निकांड में मरने वाले बिहार के लोगों के शवों को राज्य सरकार ट्रेन की जगह अब सड़क मार्ग से उनके घर भेजेगी अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने लोकसभा में नागरिकता बिल को पास किये जाने संबंधी खबरों को अपनी सुर्खी बनायी है हिन्दुस्तान की सुर्खी है नागरिकता बिल लोकसभा में पास बारह घंटे बहस के बाद रात बारह बजे विधेयक पारित पक्ष में तीन से ग्यारह और विरोध में अस्सी मत पड़े दैनिक जागरण ने इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है गर्म माहौल में हुई वोटिंग बीजद शिवसेना वाईएसआरसीपी ने दिया साथ समर्थन में पड़े तीन सौ ग्यारह मत प्रभात खबर का शीर्षक है शाह बोले कांग्रेस ने धर्म के आधार पर देश बांटा इसलिए बिल लाया गया दैनिक भास्कर ने कर्नाटक उपचुनाव की खबर को सुर्खी बनाते हुए लिखा है येदियुरप्पा सरकार सुरक्षित भाजपा ने पन्द्रह में बारह सीटें जीतीं आज अखबार का शीर्षक है हैदराबाद एनकांउंटर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई ग्यारह को